पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज

दस लाख नौकरी और किसान ऋण माफी का किया ऐलान बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सत्रह जिलों के चौरानवे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक हजार छह सौ अंठानवे उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं इस चरण के लिए प्रत्याशी उन्नीस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं दूसरे चरण के तहत तीन नवम्बर को मतदान होना है अब तक मिली जानकारी के अनुसार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सूषमा साह का नामांकन रद्द कर दिया गया है वहीं बांकीपुर सीट से ही चूनाव लड़ रही प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष प्रष्पम प्रिया चौधारी की पार्टी का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण चुनाव आयोग ने उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया है पटना जिले की बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से दो पर्चों के रद्द होने के बाद अब अठारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गये हैं वहीं दानापुर में बीस और मनेर में बाईस प्रत्याशियों के पर्चे सही पाये गये है फुलवारी शरीफ निर्वाचन क्षेत्र में पांच नामांकन रद्द कर दिये गये यहां छब्बीस प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाये गये हैं फतुहा में तीन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गये फतुहा में वैध उम्मीदवारों की संख्या उन्नीस रह गयी है वहीं पूर्वी चम्पारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से दो और हरसिद्दी विधानसभा क्षेत्र से तीन नामांकन पत्र रद्द कर दिये गये हैं इस चरण में भाजपा कोटे से राज्य सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव राणा रणधीर सिंह जदयू से मंत्री श्रवण कुमार और राम सेवक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव तथा तेज प्रताप यादव भी इसी चरण में चुनावी मैदान में हैं वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार विजय शंकर दुबे और कृपानाथ पाठक की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर हैं इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों विधायक राजू तिवारी और रामकुमार साह की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है विधानसभा के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आज अस्सी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया अब तक एक सौ तैंतालीस प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किये हैं अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद के अनिल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी और राज्य के उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं मधुबनी जिले की लौकहा विधानसभा सीट से राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र से दो और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है

श्री शाह ने एक बयान में कहा कि एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला चिराग पासवान ने ही लिया था भाजपा नेता ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी उन्होंने कहा कि बीजेपी को जदयू से ज्यादा सीट आयी तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे इधर भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने लोजपा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि हम एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बताना चाहते हैं कि उन्हें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए भाजपा जदयू एक साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं

पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद कांग्रेस और वाम दलों के नेता उपस्थित थे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि घोषणा पत्र को संकल्प नाम दिया गया है जिसमें बिहार के बदलाव का संकल्प है इस अवसर पर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सबसे अधिक ध्यान रोजगार सुजन पर दिया जायेगा साथ ही किसानों का ऋण माफ किया जायेगा

विधान परिषद् की सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी चन्द्रमा प्रसाद सिंह के विरूद्ध गणेश प्रसाद सिंह के चुनाव लड़ने के कारण ये कार्रवाई की गयी है अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला

जिले की दोनों सीटों पर पहले चरण में अट्ठाईस अक्तूबर को मतदान संपन्न होंगे अरवल निर्वाचन क्षेत्र में इस बार उम्मीदवारों की संख्या अधिक है यहां से कुल तेईस प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं

पूर्व विधायक चितरंजन कुमार के नाराज रहने से इस सीट पर चुनावी परिणाम पर प्रमाव पडने की संभावना है वहीं भाकपा माले के महागठबंधन में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी जीती हुई सीट को छोड दिया है भाकपा माले ने दो हजार दस के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे महानंद सिंह को अरवल सीट से उम्मीदवार बनाया है उन्नीस सौ नब्बे से अब तक के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने दो दो बार अरवल की सीट पर जीत हासिल की है जिले की दूसरी सीट कुर्था है यहां जदयू ने मौजूदा विधायक सत्यदेव सिंह को दोबारा मौका दिया है जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है एनडीए से अलग हुई लोजपा ने भुवनेश्वर पाठक को प्रत्याशी बनाया है दो हजार पांच से पिछले चुनाव तक जदयू लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है जिले की दोनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पप्पू यादव के नेतृत्व वाले जन अधिकार पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्रभूषण कुमार गया जिले की ईमामगंज विधानसभा सीट दो बड़े नेताओं के बीच टक्कर के कारण चर्चा में है

एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री है तो दूसरी ओर पूर्व विधान सभा अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी फिर से आमने सामने हैं

क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज गति से चल रहा है विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राज्य में ईमामगंज से ही अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एन डी ए के प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं कर चुके है नक्सल हिंसा प्रभावित इस क्षेत्र में चुनाव को लेकर सुरक्षा के कडे उपाय किये गये हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में दो सौ तीने मामले दर्ज किये हैं आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक एक हजार एक सौ उनतालीस अवैध शस्त्रों की जब्ती की गयी हे राज्य में अब तक सोलह हजार अस्सी शस्त्र के लाईसेंस सत्यापित किये गये हैं वाहन चेकिंग के दौरान अब तक सोलह करोड़ इकयासी लाख उनतीस हजार रुपये के साथ सत्तर लाख नेपाली रूपये बरामद किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सुझाये गये तीन आसान उपायों को लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं सासाराम डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य बीरेन्द्र कुमार ने लोगों से इन पर अमल करने की अपील की है

नौ दिन के अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दूर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है कोविड उन्नीस को देखते हुये इस बार लोग अपने घरों में ही कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी है

उन्नीस अक्टूबर तक नाम लिये जा सकते हैं वापस पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज

दस लाख नौकरी और किसान ऋण माफी का किया ऐलान